यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आज शाम के प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण राष्ट्रपति के संबोधन के तुरन्त बाद होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा राष्ट्रपति के संबोधन का दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करेंगे

इस अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लालपरेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों के पालन के साथ आयोजित किया जायेगा जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह आठ बजे भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे साथ ही भारतमाता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शीघ ही समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश की पहचान बनायेगा और सरकार सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य हासिल करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण तेजी से किया जाएगा श्री चौहान ने कहा कि देश की स्वतंत्रता जिन बलिदानियों के कारण मिली है उनका पुण्य स्मरण करते हुए इस वर्ष छोटे स्वरूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश के नागरिक वर्तमान कोरोना की चुनौती का साहस से सामना करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिए सहमागी बनेंगे हर्षवर्घन एम्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना योद्दाओं को समर्पित एक मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब स्वस्थ होने की दर पिछले दिन की अपेक्षा अधिक न रही हो उन्होंने कहा कि मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है

आज हुई राज्यमंत्री परिषद की बैठक में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की गई

उन्हें आज इंदौर के अरविंदो अस्पताल से छुट्टी दी गई उधर बड़वानी में राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

इनमें पिपरिया का दो वर्ष का बच्चा भी शामिल है

टीकमगढ़ में दो लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है सिंगरौली में संक्रमित एसआई की मृत्यु हो गई है

सौर ऊर्जा द्वेन कोयला डीजल और बिजली से ट्रेन संचालन के बाद रेलवे अब सौर ऊर्जा से इन्हें चलाने की तैयारी कर रहा है रेलवे बीना स्टेशन में देश का पहला ऐसा सौर ऊर्जा प्लांट बना रहा है जिसमें तैयार होने वाली बिजली पावर ग्रिड में न जाकर सीधे ओएचई यानी ओवर हेड लाइन में आएगी पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एक ऑनलाइन प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्रैक पर बाउंड्रीवॉल बनाकर उस पर भी सौर पैनल लगाएंगे ताकि विद्युत इंजन चलाने के लिए खुद की बिजली तैयार कर सकें उन्होंने बताया कि यह एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होगा अगर यह सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा किशोर किशोरी सशक्तिकरण इंदौर जिले में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावघान में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है इसी के तहत बाल विवाह और बालकों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिये जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के तहत किशोरियों के सशक्तिकरण अभियान की भी निरंतर समीक्षा की जाएगी